मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र से प्रदेश में टिड्डी चेतावनी संगठन को मजबूत करने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने का किया आग्रह

इनमें सफर के लिए ऑनलाइन टिकिट लिया जा सकता है

यह बस रास्ते में हिण्डौन और दौसा से भी सवारिया लेंगी

एनडब्ल्यूआर के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अभय कुमार ने बताया कि जोधपुर दिल्लीसराय रोहिल्ला संपर्क कांति एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्य नगरी एक्सप्रेस जोधपुर जयपुर एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन उदयपुर मेवाड़ एक्सप्रेस मुम्बई सेंट्रल जयपुर एक्सप्रेस हावड़ा एक्सप्रेस दिल्ली अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस अजमेर दिल्ली सरायरोहिल्ला जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलायी जाएगी इन रेल सेवाओं की समय सारिणी नियमित रेल सेवाओं के अनुसार होगी

इस बीच एयर इंडिया ने घरेलु उडानों के लिए टिकिटों की बिकी शुरू कर दी है कई निजी एयरलाईन्स ने भी घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग फिर शुरू कर दी है ये एयरलाइन्स अपनी वेबसाइटों के जरिए बुकिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं उधर वंदे भारत मिशन के तहत कल एक विशेष उड़ान लगभग डेढ़ सौ प्रवासियों को लेकर जयपुर हवाई अड्डे पर उतरी

इसके अलावा प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों पर घरेलू उड़ानों के लिए भी तैयारियां शुरू हो गयी है

अस्थी विसर्जन के लिए परिवार के दो या तीन सदस्य इन बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में इस संबंध में अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की उन्होंने बताया कि इसके लिए उत्तरप्रदेश सरकार से भी सहमति के प्रयास किए जा रहे है उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान से हरिद्वार और अन्य अस्थी विसर्जन स्थलों के लिए रोजाना चार या पांच बसें संचालित होगी ये बसें संभागीय मुख्यालयों से और उसके बाद आवश्यकतानुसार जिला मुख्यालय से चलाई जायेगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिये आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी सहित अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े चिकित्साकर्मियों से संवाद किया उन्होंने निरोगी राजस्थान के े संकल्प को साकार करने में इन पद्धतियों की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा कि राज्य सरकार इन्हें प्रोत्साहन देने में कोई कमी नहीं रखेगी

मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में टिड़डी नियंत्रण को लेकर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के कलक्टरों टिड़डी चेतावनी संगठन और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चर्चा की उन्होंने कहा कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में भी इस मामले पर ध्यान आकर्षित किया गया था मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार टिड्डी का आकमण बदले रूप में सामने आया है

इस बीच टिड्डियों का दल झालावाड में कालीसिंघ थर्मल पावर प्लांट और सवाईमाधोपुर जिले के शिल्प ग्राम होते हुए रणथम्भौर बाघ अभ्यारण्य में पहुंच गया है टिड़िडयों की रोकथाम के लिए कृषि विभाग कीटनाशक का छिड़काव करने में जुटा है

ऐसा नहीं हुआ तो यह सोमवार को मनाया जायेगा सेन्ट्रल हिलाल कमेटी भी चांद देखेगी और दूसरे जिलों और राज्यों से चांद दिखने की स्थिति जानेगी इसके बाद ईद मनाने की तारीख का ऐलान होगा बीकानेर शहर काजी मुश्ताक अहमद ने लोगों से घर पर ही रहकर ईद का पर्व मनाने की अपील की है